अधिक संक्रमण वाल इलाकों में यह छूट लागू नहीं होगी राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी तीन मई तक बढ़ान की घोषणा का बाद नियमों का कड़ाई सभ् पालन करन क लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं

आज जिन दो लोगों में कोरोना की पृष्टि हई है व दहराद्न की आजाद कॉलोनी में रह रह थ जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव न कहा की आजाद कॉलोनी को हॉटस्पॉट घोषित कर आग की कार्रवाई की जाएगी

कुषि कार्य अल्मोड़ा का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवक्कानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिक्षव्व कोसी हवालबाग में आजकल श्रमिकों स तैयार फसलों मटर दालों और बीज क पैकिंग का कार्य कराया जा रहा है

यहां तैयार बीज अन्य राज्यों में भी भूमा जाता है

क्वारंटाइन में रख लोगों की काउंसलिग भी की जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह का मानसिक तनाव ना हो क्वारंटाइन सेंटर में नगर पालिका दवारा रोजाना दवा का छिड़काव किया जा रहा है सेंटर में रख लोगों को दिय जा रह में साफ सफाई का साथ ही ग्णवता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्वारंटाइन किए गए लोगों की हर रोज काउंसलिंग भी की जाती है जिसस वो डिप्रश्नन का शिकार न हो क्वारंटाइन सेंटर में तीन डॉक्टर दो फार्मेसिस्ट और दो काउंसलर अपनी सब्राएं द रह हैं

आज टिहरी का राजा मन्जेंद्र शाह ना इसकी घोषणा की आज मुख्यमंत्री आवास में बदरीनाथ और कद्वारनाथ मंदिर का कपाट खलन का संबंध में बैठक की गई

इसी का तहत उधम सिंह नगर में सभी उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस दक्ष का लिए उनका बैंक खातों में रीफिल धनराशि भक्ती जा रही है

वहीं लाभार्थियों न सरकार का इस कदम की सराहना की है

लॉकडाउन का कारण इस बार स्थितियां बदली हई हैं दहरादून स्थित पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद का शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ना रमजान की विशष्ठ नमाज तरावीह घरों में ही रहकर अदा करन को कहा है उन्होंन मुसलमानों को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस स बचाव का लिए शासन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग दवारा जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है

राज्यपाल बब्बी रानी मौर्य न उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करत हुए शोक संतप्त परिजनों का प्रति संवव्वना व्यक्त की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत न उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करत हए कहा कि स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट न सामाजिक कार्यकर्ता का रूप में महत्वपूर्ण कार्य किय हैं जिन्हें भूलाया नहीं जा सकता है